इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक हजार करोड़ रूपये पहले ही जारी किये जा च्के हैं इस सहायता का उपयोग प्रवासियों के आवास भोजन चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था के लिए किया जाएगा

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने इसकी जानकारी दी

इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक रूप से सक्षम प्रौद्योगिकियों और स्टार्टअप से संबंधित व्यावसायिक क्षमता और सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने में मदद करना है प्रतिभागियों को संबोधित करते हए श्री पोखरियाल ने कहा कि य्क्ति का द्सरा चरण कोविड महामारी के बारे में प्रासंगिक जानकारी की पहचान करने के लिए य्क्ति के पहले संस्करण का तर्कसंगत विस्तार है

मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की मांग के अन्सार तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग जरूरी है ई ऑफिस प्रणाली से कार्यो में और पारदर्शिता आएगी म्ख्यमंत्री ने कहा कि अन्य विभागों में भी ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने के लिए प्रयास किए जाए उन्होंने निर्धारित समय से पहले ई कलैक्ट्रेट प्रणाली का शुभारंभ करवाने पर जिला प्रशासन को बधाई दी इस अवसर पर देहरादून के जिलाधिकारी आशीष क्मार श्रीवास्तव ने बताया कि ई कलेक्ट्रेट प्रणाली से कलैक्ट्रेट के सभी अन्भाग जोड़े गए हैं राजस्व विभाग के फील्ड कर्मी भी इसी प्रणाली से काम करेंगे सीएम स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में निर्माण और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए अशिक्षित भी आवेदन कर सकते हैं प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह पहली योजना है जिसमें दुकान रिटेल शॉप और जनरल स्टोर खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं योजना का लाभ लेने के लिए शैक्षिक योग्यता की कोई शर्त नहीं है राज्य कौशल विकास मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि एमएसवाई योजना में स्वरोजगार के लिए दुकान खोलने से लेकर निर्माण और सेवा क्षेत्र में किसी भी काम को श्रू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं सभी तरह के स्वरोजगार कार्यो के लिए योजना में सब्सिडी की व्यवस्था है योजना में शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है राज्य में बड़ी संख्या में य्वा खूद को स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं पर्वतीय इलाकों में युवा मशरूम पालन बागवानी फल सब्जियां क्टक्ट पालन डेयरी बकरी पालन अपना रहे हैं

योजना के तहत घरों में काम करने वाली और दैनिक मजद्री करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष कैम्प लगाये जायेंगे योजना के तहत इन महिलाओं को दवाएं सैनिट्री नैपकिन और पौष्टिक आहार किट भी दिया जाएगा इस संबंध में जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि योजना के तहत विशेष स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत हल्द्वानी के स्लम एरिया से की जाएगी

तीन महीने पहले यह आंकड़ा प्रतिदिन एक सौ मामलों की जांच का था जांच के मामलों में यह उल्लेखनीय वृदधि अस्पतालों जांच प्रयोगशालाओं और विभिन्न संस्थाओं के सम्मिलित प्रयास से संभव हो पाई है मॉनसून देहरहादून प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है जिसको देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि देहरादून और ऋषिकेश में क्छ जगह पर जलभराव की संभावना रहती है इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिये गए हैं

क्माऊं मंडल के बागेश्वर नैनीताल चंपावत अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हुई है बागेश्वर जिले में इन दिनों कई जगहों में धान की रोपाई चल रही है झमाझम बारिश होने से किसान बेहद खुश हैं

उन्होंने उम्मीद जताई कि बारिश अच्छी होने से इस बार पैदावार भी अच्छी होगी

पिथौरागढ़ जिले टनकप्र तवाघाट मोटरमार्ग में जगह जगह मलबा आने से यातायात प्रभावित हआ नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है राजधानी देहरादून के साथ ही गढ़वाल मंडल में भी कई जगह बारिश हुई है मौसम विभाग ने कल तक भारी बारिश का संभावना जताई है शहीद अंतिम संस्कार जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में तैनात चमोली जिले के शहीद सैनिक स्रेंद्र सिंह नेगी का अंतिम संस्कार आज पूरे सैन्य समान के साथ उनके पैतृक घाट नंदप्रयाग में किया गया शहीद के बड़े भाई सुलभ सिंह नेगी ने शहीद की चिता को मुखाग्नि दी शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर मंगलवार देर शाम उनके पैतृक गांव सुनाली पहुंचा था उनके अंतिम संस्कार में प्रशासनिक और सैन्य अफसर जनप्रतिनिधि समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की